प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है और हाल में किए गए सुधार विश्व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर विश्वास रखता है श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को सबसे बडा बाजार बनाने के लिए ठोस बुनियाद रखी है और सुधारा की प्रक्रिया जारी रहेगी

यह भारत की विकास गाथा में विश्व के भरोसे का स्पष्ट संकेत है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कार्पोरेट कर में कटौती कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरूआत अंतरीक्ष क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने और नागरिक उड्डयन इस्तेमाल के लिए हवाई मार्गों पर रक्षा प्रतिबंध हटाने जैसे कुछ कदमों से वृद्धि दर को बढाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि निवेश और ढांचागत क्षेत्र को मजबूती देने से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और वृद्धि दर को बढाने में बल मिलना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को लगातार गति देने के लिए सभी उपाय करेगी और साथ ही समग्र वहत आर्थिक स्थिरता पर भी ध्यान दिया जायेगा

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के शुरूआती दौर में सम्यक उपाय किए जाने से सरकार को इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बढ रही है और उपचाराधीन लोगों की संख्या कम हो रही है

इस स्थिति से निपटने के लिए क्षमताओं को बढाने लोगों को और अधिक जागरूक करने और अधिक सुविधाएं देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि हमें सबसे अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और सबसे खराब के लिए भी तैयार रहना चाहिए उन्होंने कहा कि देश में कम हो रहे संक्रमण के मामलों के दौर को खुशी से मनाने को बजाए इससे निपटने के लिए संकल्प व्यवहार तथा व्यवस्थाओं को और मजबूती देनी चाहिए श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी हर व्यक्ति को इसका टीका लगाया जायेगा और कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सात विधायकों को आज पार्टी से निलम्बित कर दिया इन विधायकों पर पार्टी से बगावत करने का आरोप है

मीडिया को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर इन विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में बसपा समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को हराने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी और भाजपा या अन्य पार्टी के प्रत्याशियों को अपना वोट देना पड़े तो देगी

साथ ही बसपा के राज्यसभा प्रत्याशी रामजी गौतम का नामांकन रद्द कराने के लिये इन विधायकों में से कई ने स्वयं के श्री गौतम प्रस्तावक होने को फर्जी बताया था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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग गठित करने संबंधी अध्यादेश जारी किया है यह आयोग वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहतर तालमेल अनुसंधान पहचान और वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगा आयोग में अन्य लोगों के अलावा एक अध्यक्ष पर्यावरण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि दिल्ली हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सदस्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तकनीकी विशेषज्ञ होंगे प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारो के मौसम को देखते हुए आज से राज्य में विशेष समूहों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कोविड जांच अभियान शुरू किया है इसका उद्देश्य कोविड के फैलाव को रोकना है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार लोगों से निरन्तर अपील कर रही है कि वे सुरक्षित दूरी बनाये रखें और कोविड संबंधी नियमों का अनुपालन करें यह परीक्षण उन लोगों पर किए जाएंगे जो आने वाले करवाचौथ और दीपावली के त्यौहार के दौरान आम लोगों के संपर्क में आएंगे आगामी त्योहारों के मौसम में करवाचौथ और दीपावली ऐसे त्यौहार हैं जहां बाजारों और कई दूसरी जगहों पर सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना होता है आज इस परीक्षण अभियान के पहले दिन ऑटो ड्राइवरों और रिक्शा ड्राइवरों के कोविड जांच के नमूने लिए इसी तरह से आने वाले दिनों में मेहंदी की दुकानों ब्यूटी पार्लर मॉल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों और धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि राज्य में कोरोना के पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है सुशीलचंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और ठीक होने की दर में बढ़ोत्तरी हो रही है

ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में संक्रमण के सक्रिय मामले कुल मामलों का सात दशमलव पांच एक प्रतिशत रह गये हैं इस समय देश में संक्रमण के छह लाख तीन हजार सक्रिय मामले हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का आज सुबह निधन हो गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि वे केश्भाई पटेल के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुःखी हैं श्री मोदी ने कहा कि केशुभाई अप्रतिम नेता थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए चिन्ता की तथा उनका जीवन गुजरात की प्रगति तथा हर गुजरातवासी को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने भी केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है